पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों को लिखे पत्र में इस चुनौती से निपटने और नेतृत्व प्रदान करने के लिए पंचायतों व ग्रामीण स्थानीय इकाइयों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण की प्रकृति और उससे निपटने के बारे में ग्रामीण समुदायों को जागरूक बनाने के लिए अभियान चलाने की सलाह दी है पंचायत मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि लोग गलत मान्यताओं और निराधार बातों से भ्रमित न हों इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए मंत्रालय ने राज्यों से यह भी कहा है कि वे पंचायत कार्यालयों स्कूलों और सुविधा केन्द्रों जैसी संस्थाओं में सुचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे का लाभ उठाते हुए गांवों में कोविड जांच टीकाकरण केन्द्रों डॉक्टरों और अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं पंचायतों से जरूरतमंदों और प्रवासी श्रमिकों के लिए क्वारंटाइन और आइसोलेशन केन्द्र बनाने को भी कहा गया है मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे राशन पेयजल स्वच्छता और रोजगार आदि से संबंधित सरकारी योजनाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर जरूरतमंदों की सहायता करें मुख्यमंत्री इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज कोविड को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे इस दौरान वे प्रतिनिधियों से कोरोना को फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने पर विचार विमर्श करेंगे

उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि इसके साथ ही प्रचुर मात्रा में आक्सीमीटर दवाइयां सेनेटाइजर मास्क व पीपीई किट्स भी जिला में पहुंच चुकी है उन्होंने बताया कि ये सामग्री आज से जिला के विभिन्न क्षेत्रों में वितरित की जाएगी ताकि कोविड रोगियों को किसी तरह की असुविधा न हा सके हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संकमण के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है

सुरक्षा उपकरण शिमला जिले की चनोग पंचायत में प्रधान मनोज कुमार ने संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से पंचायत के लोगों को मास्क व सैनिटाईजर वितरित किए मनोज कुमार ने कहा कि गरीब व जरूरतमंद को राशन भी दिया जा रहा है अब एक नजर समाचार पत्रों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने कोरोना संकमण से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल के अनुसार हिमाचल में तीन हजार ठीक

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं प्रदेश में न ऑक्सीजन की कमी न दवाओं की हिमाचल दस्तक की एक खबर है हिमाचल रेवेन्यू सर्विस काडर बनेगा रामपुर में बिजली गिरने से दो लोगों की मौत संबंधी खबर भी सभी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए है बहुचर्चित फर्जी डिग्री मामले पर अमर उजाला का शीर्षक है एक दर्जन से ज्यादा एजेंट सीआईडी के निशाने पर राजस्थान दिल्ली यूपी और मध्यप्रेदश के एजेंटों की तलाश

मौसम पर पंजाब केसरी की सुर्खी है रोहतांग सहित उंची चोटियों पर हिमपात दस जिलों में ओरैंज अलर्ट

नमस्कार